नमामि गंगे सहित विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल ने प्रदेश को रोगमुक्त बनाने के लिए जन सहभागिता को आवश्यक बताया सभी वाहनों के लिए स्वतः भूगतान प्रणाली के अन्तर्गत प्रीपेड रिचार्जेबल फास्टैग आज से अनिवार्य

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल गंगा की सफाई के उद्देश्य से राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता की और नमामि गंगे परियोजना की समीक्षा भी की कानपुर में कल हुई इस बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत डॉक्टर हर्षवर्घन श्री आर के सिंह श्री प्रह्लाद पटेल श्री मनसूख मंडाविया तथा श्री हरदीप सिंह पूरी के अलावा केन्द्र और राज्य सरकार के कई अधिकारी भी मौजूद थे बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने अब तक हुए कार्यो की प्रगति की समीक्षा की और गंगा की सफाई के लिए सुझाव भी दिये बैठक के बारे में जानकारी देते हुए पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिये सझाव दिये हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतत्व में देश की नदियों को स्वच्छ बनाने का कार्य किया जा रहा है श्री जावड़ेकर ने कहा कि गंगा नदी के कायाकल्प के लिये औद्योगिक अपशि टों का प्रभाव कम किया गया है

एक गंगा सफाई का कार्यक्रम इतने अद्भुत तरीके से उत्तराखंड से लेकर बंगाल को जहाँ सागर में मिलती है गंगा वहां ढाई हजार किलोमीटर के पूरी गंगा को अविरल भी बहाना और साफ भी कहरना यह दोनों संकलप किया है

रा ट्रीय गंगा परि ाद की बैठक से पहले प्रधानमंत्री ने नमाभि गंगे भिशन से जुड़ी एक प्रदर्शनी को देखा जिसमें गंगा की सफाई के लिए किये गये कार्यों को प्रदर्शित किया गया था और ब्यौरा हमारे संवाददाता से बैठक के बाद राज्यों के मुख्यमंत्रियों और विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री गंगा बैराज के पास नवनिर्मित अटल घाट पहचे और गंगा सफाई के लिए हाल के वर्षो में किए गए कार्यों का जायजा लिया प्रधानमंत्री ने शीश मऊ नाले का भी निरीक्षण किया जो गंगा में गिरने वाला सबसे बड़ा और सबसे प्रराना डाला था जिसे हाल ही में बंद कर दिया गया है

उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा है कि केवल शिक्षा से ही लोगों के दृष्टिकोण और सामाजिक मानदंडों में बदलाव लाया जा सकता है उन्होंने गुजरात के आणंद में कल चारुतर विद्या मंडल के प्लेटिनम जयंती समारोह को संबोधित किया उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमें ऐसी समग्र शिक्षा प्रणाली विकसित करनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों को जीवन के मूल्यों की शिक्षा मिले और उनमें वैज्ञानिक मनोवृत्ति तथा नव सृजन की भावना उत्पन्न हो राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने कहा कि सामूहिक प्रयास से ही प्रदेश को रोग मुक्त बनाया जा सकता है उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में अपना कार्य कर रही है परन्तु जन सहभागिता भी आवश्यक है वह कल राजभवन में उत्तर प्रदेश क्षय निवारक संस्था की वार्रिक समापन बैठक की अध्यक्षता कर रही थी राज्यपाल ने कहा कि शिक्षकों को विद्यालय के बच्चों के स्वास्थ्य की पूर्ण जानकारी होनी चाहिये जिससे वे रोगी बच्चों के पो ाण के लिये अधिक सजग रहे इस अवसर पर उन्होंने स्कूल कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों को अपने अपने क्षेत्र में क्षय रोग से पीड़ित बच्चों को गोद लेने का अनुरोध किया राष्ट्रपति भवन ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों और कृषि विमानन डिजाइन पेट्रोलियम और ऊर्जा सहित अनेक क्षेत्रों के उच्च शिक्षा संस्थानों के छियालिस प्रमुखों के सम्मेलन की मेजबानी की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सतत विकास का लक्ष्य रखते हुए गरीबी उन्मूलन और मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए प्रयत्नशील है समी वाहनों के लिए स्वतः भूगतान प्रणाली के अन्तर्गत प्रीपेड रिचार्जेबल फास्टैग की व्यवस्था आज सुबह आठ बजे से लागू हो जायेगी सरकार ने रा ट्रीय इलैक्ट्रॉनिक टोल संकल्न प्रणाली लागू की है जिससे फास्ट टैग के माध्यम से टोल संकलित किया जायेगा इससे समय और ईंधन की बचत होगी प्रद्षण रोकने में मदद मिलेगी और निर्बाध यातायात सुनिश्चित होगा फास्टैग से वाहन चालकों को टोल प्लाजा पर शुल्क देने के लिए रूकना नहीं पड़ेगा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सभी टोल प्लाजा पर इलैक्ट्रॉनिक टोल संकलन प्रणाली की व्यवस्था की है टोल प्लाजा में दोनों तरफ एक एक लेन को छोड़कर समी लेन को फास्टैग लेन बनाया गया है अगर कोई वाहन चालक बिना फास्टैग लगे वाहन इलेक्ट्रानिक टोल संग्रह लेन में ले जाता है तो उसे दोगुना ्रल्क देना होगा संयुक्त सी एस आइ आर यू जी सी रा ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट आज असम और मेघालय को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में निर्घारित कार्यक्रम के अनुसार सम्पन्न होगी असम और मेघालय में वर्तमान स्थिति के कारण यह परीक्षा स्थगित कर दी गयी है

इस संबंध में कृष्टिा उत्पादन आयुक्त राजेन्द्र कुमार तिवारी ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत पार्टी के विभिन्न मोर्चो के जिन पैंतालीस प्रमुख कार्यकर्ताओं को जिला प्रवास की जिम्मेदारी सौंपी गई है वे अपने प्रवास वाले जिलों में सप्ताह में दो दिन जरूर प्रवास करे लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के साथ प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने भी ग्राम स्वराज अभियान से जूड़े मोर्चा के पदाधिकारियों से अब तक किये गये प्रवास की जानकार्री हासिल की तीस जनवरी तक चलने वाले ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत अधिक से अधिक ग्रामीणों से सम्पर्क करने के लिये पदाधिकारियों को कहा गया है प्रदेश में कल विभिन्न जनपदों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में रा ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया जिसमें आपसी सुलह समझौतों के आधार पर वादों का निस्तारण किया गया जौनपुर में जिला न्यायाधीश ओपी त्रिपाठी की अध्यक्षता में दीवानी न्यायालय परिसर में आयोजित रा ट्रीय लोक अदालत में पांच हजार से अधिक वादों का निस्तारण किया गया वहीं जनपद हमीरपुर में आयोजित रा ट्रीय लोक अदालत में लगभग तीन हजार से अधिक लम्बित वादों का निस्तारण किया गया जिसमें ग्यारह करोड़ रूपये से अधिक की राजस्व वसूली की गई भदोही में आयोजित लोक अदालत में छह हजार से अधिक लोन खाता धारको को नोटिस देकर बुलाया गया था जिसमें विभिन्न बैंकों के लगभग साढ़े चार सौ खाता धारकों से लगभग एक करोड़ रूपये मौके पर ही जमा कराये गये इस लोक अदालत में उन खाता धारकों को आमंत्रित किया गया था जो लम्बे समय से ऋण लेने के बाद उसकी अदायगी नहीं कर रहे थे प्रदेश में राजधानी लखनऊ सहित विभिन्न जनपदों में सर्द हवा चलने और बादलों के छाये रहने से सर्दी में इजाफा हुआ है प्रदेश में कल मुजफ्फनगर और मेरठ सबसे ठंडा जिला रहा जहां तापमान आठ दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया